धान का सरकारी खरीद मूल्य दो सौ रूपये प्रति क्विंटल बढ़ा

केन्द्र सरकार ने चौदह खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत का डेढ़ गुणा बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी

उसी दिया में एक आज ऐतिहासिक फैसला मोदी जी के नेतृत्व में आजकी कैंदिनेट ने किया है सामान्य किस्म के धान का सरकारी खरीद मूल्य दो सौ रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर एक हजार सात सौ पचास रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है वहीं अरहर का सरकारी खरीद मूल्य पांच हजार छह सौ पचहत्तर मूंग का छह हजार नौ सौ पचहत्तर और उड़द का पांच हजार छह सौ रूपये प्रति क्विंटल होगा सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य तीन सौ उनचास रूपये बढ़ाकर तीन हजार तीन सौ निन्यानवे रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्नीस सौ पचास रूपये और कपास का पांच हजार एक सौ पचास रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का डेढ़ ग्रना दाम देने के सरकार के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों से किया अपना वादा पूरा कर दिया है उन्होंने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को ऐतिहासिक बताते हुए किसानों को बधाई दी प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों और कृषि के विकास के लिए जो भी कदम आवश्यक होंगे सरकार उन्हें उठाने को वचनबद्ध है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढोतरी के केन्द्र के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है श्री शाह ने कहा कि इससे किसानों की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने किसानों की सत्तर साल पुरानी मांग पूरी कर दी है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले से मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में श्री सिंह ने कहा कि दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोग्नी करने की दिशा में किये जा रहे सरकारी प्रयासों में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने के केन्द्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है श्री मोदी ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी सोशल साइट व्हाट्सएप ने अपने माध्यम से अनुचित गतिविधियों पर नकेल कसने के उपायों की केन्द्र सरकार को जानकारी दी है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपे अपने जवाब में व्हाट्सएप ने कहा कि फर्जी खबर गलत जानकारी और अफवाह फैलाने जैसे मुद्दों से सरकार के साथ प्रबुद्ध व्यक्तियों और तकनीकी कंपनियों को भी मिलकर निपटना होगा सरकार ने कल व्हाट्सएप को कड़ी चेतावनी देते हुए गैर जिम्मेदाराना और सनसनी फैलाने वाले संदेश रोकने के तुरंत उपाय करने को कहा था ओडिशा में विधान परिषद के गठन के संबंध में अध्ययन और विचार विमर्श के लिये वहां के वाणिज्य मंत्री नरसिंह चरण साहू के नेतृत्व में विधायकों और अधिकारियों के दल ने आज बिहार विधान परिषद् का दौरा किया बिहार विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ विधान परिषद् के गठन के बारे में विचार विमर्श किया उन्होंने शिष्टमंडल को कार्य संचालन नियमावली के बारे में भी जानकारी दी गौरतलब है कि ओडिशा में अभी एक सदन वाली प्रणाली है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी बी डी टी ने कहा है कि कर दाताओं को सात खरब रूपये का रिफंड दिया जा चुका है इसके लिए करदाताओं के रिटर्न की जांच का विशेष अभियान चलाया गया बोर्ड ने एक बयान में कहा कि जून तक लंबित रिफंड के सभी दावों को निपटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है रेलवे में ग्रूप डी और सी के विभिन्न पदों के लिये लिखित परीक्षा का आयोजन इस वर्ष सितम्बर अक्टूबर और नवम्बर महीने में होगी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने बताया कि जल्द ही तिथियों की घोषणा की जायेगी उन्होंने बताया कि अगले साल अप्रैल महीने तक सभी रिक्त पदों को भरने का काम पूरा कर लिया जायेगा नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी गंडक बूढ़ी गंडक बागमती लालबकैया कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं लालबकैया और बागमती नदी का पानी सड़क पर चढ़ने से मोतिहारी शिवहर के बीच सड़क सम्पर्क भंग हो गया है जबकि मधुबनी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर लदनिया के पास चार फीट पानी बह रहा है सीतामढ़ी में अधवारा समूह की नदियों में आये उफान से दूलालपूर पूल के पास बना डायवर्सन बह गया है जिससे दर्जनों गांव का सड़क सम्पर्क ट्रट गया है मुजफ्फरपुर में गंडक बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण पांच प्रखंडों में अलर्ट जारी किया गया है इधर दरभंगा के घनश्यामपुर और कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुये हैं पश्चिम चम्पारण में ओरिया करताहा और रागी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के कई गांवों में बागमती और लालबकैया नदी का पानी फैल गया है जिला प्रशासन ने लालबकैया नदी में पानी के तेज बहाव को देखते हुए नौका परिचालन पर रोक लगा दी है सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही हैं मुजफ्फरपुर में गंडक बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों के जलस्तर में वृद्वि को देखते हुए कटरा औराई गायघाट पारू और साहेबगंज प्रखंडों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है वहीं कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण खगड़िया सहरसा सूपौल और मधेप्रा जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है जल संसाधन विभाग ने सभी तटबंधों की चौकसी बढ़ा दी है अभियंताओं को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये अलर्ट पर रखा गया है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान उत्तर बिहार में कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका जतायी है ट्रफ लाईन बनने के कारण इन क्षेत्रों में मॉनसून काफी सक्रिय है वहीं पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है सात जुलाई के बाद इन क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है पिछले चौबीस घंटों के दौरान भागलपुर जिले के बिहपुर में सबसे अधिक आठ सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी किशनगंज के तैयबपुर में सात बहादुरगंज में छह रोहतास के डेहरी में पांच और सुपौल के बसुआ में चार सेंटीमीटर बारिश हुई है पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के तारानगर गांव में एक घर में विस्फोट होने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये इस घटना में मकान का निचला और ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस मकान में देशी बमों का निर्माण किया जा रहा था घटनास्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में बम बनाने की सामग्री और विस्फोटक जब्त किया है मामले की जांच जारी है औरंगाबाद जिले के बारूण थाना क्षेत्र के सिंदुरिया गांव के पास अपराधियों ने एक यूवक की गोली मारकर हत्या कर दी वहीं शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत पनहेसा मोड़ के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी भागने के क्रम में एक अपराधी की सड़क द्र्घटना में मौत हो गयी जबकि दो अन्य को पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के सिरसा गांव से पुलिस ने बीस लाख रूपये मूल्य की दो सौ कार्टन शराब बरामद की है

धान का सरकारी खरीद मूल्य दो सौ रूपये प्रति क्विंटल बढ़ा